प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेश में वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ेंगे जबकि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह गुजरात के गांधी नगर से पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की जगह प्रत्याशी होंगे केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से नितिन गडकरी नागपुर से और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इस सूची में छत्तीसगढ़ से पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है सरगुजा से रेणुका सिंह राजगढ़ से गोमती बाई बस्तर से बैदूराम कश्यप और कांकरे से मोहन मंडावी को प्रत्याशी बनाया है बिहार महागठबंधन बिहार में महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज पटना में सीटों के समझौते की घोषणा करेंगे इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है इस अवसर पर महागठबंधन के सभी सहयोगी दल उपस्थित रहेंगे श्री तेजस्वी यादव ने दावा किया कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई मतभेद नहीं है पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्य में चालीस लोकसभा सीटों में से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तीस सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी जाएंगी जल दिवस आज विश्व जल दिवस है इस अवसर पर ताजा पानी के महत्व और ताजा पानी के स्रोतों के टिकाऊ प्रबंधन के प्रयासों पर बल दिया जाता है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

टवीट संदेश में श्री नायडू ने ताजा पानी के स्रोतों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा दें और सभी नदियों को और स्वच्छ बनाएं स्कूली बच्चो सहित सभी को पानी की हर बूंद बचाने का महत्व समझाया जाए क्योंकि पानी पर सभी का अधिकार है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 विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी जल संरक्षण और संर्वधन के संबंध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राजधानी भोपाल इन्दौर जबलपुर और ग्वालियर में विश्व जल दिवस पर परिचर्चा और संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं खंडवा में नगरनिगम द्वारा लोगों को वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें लोगों को घर में पानी की बचत करने और अनुपयोगी पानी के बगीचे और अन्य जगह पर इस्तेमाल के बारे में बताया जा रहा है भाईदूज आज भाईदूज का पर्व प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है साथ ही कायस्थ समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा अर्चना की गई इस मौके पर सामूहिक रूप से शिक्षा ज्ञान उत्तम संस्कार और सुख समृद्धि के लिये प्रार्थना की गई राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के चित्रगुप्त मंदिरों में पंचामृत स्नान पूजा हवन और आरती की गई इस अवसर पर होली मिलन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है भाईदूज के मौके पर मुरैना जिले में जेलों में बंद कैदी भाईयों को तिलक लगाने और उनसे मुलाकात के लिये बहनों के पहुंचनें का सिलसिला सुबह से ही जारी है जिला पुलिस अधीक्षक ने बंदियों से मिलने के लिये अनुमति दी है मौसम तापमान प्रदेश में तापमान में बढ़ोत्तरी होने से गर्मी के तेवर तेज हो गये है

ग्वालियर और शहडोल संभागों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किये जा रहे हैं

शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम के बदलाव के बाद अब तेज धूप से दिन में गर्मी महसूस होने लगी है जिले में दिन और रात का तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री बना हुआ है वहीं टीकमगढ़ में गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की समस्या से निपटने के लिये प्रशासन सक्रिय हो गया है यहां जिला स्तर पर नियेत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जहां लोग हैंडपंप खराब होने या नल जल योजना बेद होने की सूचना फोन जरिए दे सकते हैं